भारत नेपाल सीमा सड़क अगले साल तक बनकर हो जायेगी तैयार

और बिहार आज अपना एक सौ नौवां स्थापना दिवस मना रहा है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इसके लिए चिकित्सकों के दलों की तैनाती की गई है जो पटना मुजफ्फरपुर कटिहार समेत राज्य के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लोगों की जांच करेगी दो होली स्पेशल ट्रेन समेत पांच रेलगाड़ियां आज पटना पहुंच रही है प्रदेश में अब तक अठारह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ छह लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से चौदह लाख अठासी हजार दो सौ नवासी लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी है जबकि तीन लाख इक्यासी हजार छह सौ सत्रह लोगों को द्रसरी डोज दी जा चुकी है वहीं पटना जिले के पेंशनधारियों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बताया कि जिले में लगभग अठारह लाख पेंशनधारी हैं इसके साथ ही होली पर्व के बाद प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन तीस लोगों को कोरोना का टीका लगाया जायेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में लगभग तिरासी सौ पंचायतें हैं इस हिसाब से लगभग प्रतिदिन ढाई लाख लोगों को टीका लगाया जायेगा लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर राजेन्द्र के धमीजा का मानना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं डॉक्टर धमीजा ने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने का अनुरोध किया है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में चौहत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ छब्बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक इक्यावन मामले पटना में मिले हैं कल दो व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई जिससे राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ कर एक हजार पांच सौ उनसठ हो गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के पकहां में जमींदारी बांध के मरम्मत कार्य के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि पन्द्रह मई तक कार्य को पूरा करे उन्होंने कहा कि बांध अगर मजबूत नहीं होगा तो बाढ़ का खतरा बना रहेगा मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों को भी बुलाये और उनसे सलाह ले श्री कुमार ने कहा कि आने वाले समय में तटबंधों के टूटने की समस्या खत्म हो जायेगी मुख्यमंत्री ने सारण जिले के पानापुर प्रखंड में करचोलियां गांव स्थित गंडक नदी के सारण तटबंध पर चल रहे कटावरोधी कार्यों का भी स्थल निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि सारण तटबंध का पक्कीकरण भी किया जाएगा आज विश्व जल दिवस है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर कैच द रेन यानि वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे इस वर्ष का विषय है जल के महत्व को समझना यह दिन ताजा पानी के महत्व और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है जल दिवस का लक्ष्य विश्व भर में जल संकट के बारे में जागरुकता बढ़ाना और दो हजार तीस तक सबके लिए जल और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने का स्थायी विकास लक्ष्य हासिल करने में सहायता करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है

राजधानी पटना स्थित बिहार संग्रहालय की मेजबानी में विश्व के कई संग्रहालयों के साथ देश के तेरह म्यूजियम अपनी खूबियों और विशेषज्ञताओं के साथ इस बिनाले से जुड़ेंगे दुनिया के किसी भी स्थान से ऑनलाइन इससे जुड़ा जा सकता है इस सात दिवसीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन करेंगे उनके साथ ही दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी तथा कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन इसे संबोधित करेंगे इस मौके पर बिहार भारत और विश्व संग्रहालय संग्रह उत्सव नामक काफी टेबुल बुक का भी विमोचन किया जायेगा केन्द्र सरकार ने राज्य के ऊर्जा विभाग को बिजली ट्रांसमिशन की हानि को बारह से पन्द्रह प्रतिशत के बीच करने का निर्देश दिया है ऊर्जा सचिव संजीव हंस ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बिजली संचरण के दौरान होने वाली हानि को रोकने के लिए ठोस उपाय लगातार किये जा रहे हैं प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के समानांतर बनाई जा रही दो लेन सड़क अगले वर्ष तक तैयार हो जायेगी यह सड़क पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया और किशनगंज जिलों से होकर गुजरेगी सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लगभग पांच सौ बावन किलोमीटर लम्बी इस सड़क के लिए तीन हजार दो सौ बासठ करोड़ रूपये की मंजूरी दी है इस सड़क परियोजना में तेरह बड़े पुल और आठ सौ बावन छोटे पुल होंगे यह सड़क पश्चिम चम्पारण के मदनपुर से शुरू होगी और किशनगंज जिले के गलगलिया तक जायेगी बिहार आज अपना एक सौ नौवां स्थापना दिवस मना रहा है वर्ष उन्नीस सौ बारह में बंगाल से अलग कर इसे राज्य का दर्जा मिला था इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है जल जीवन हरियाली इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि बिहार के पास अतीत की विरासत के साथ साथ वर्तमान का मार्ग भी है राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का गवाह बने बिहार राज्य के राज्यपाल बनने का सौभाग्य भी प्राप्त है राज्यपाल ने कहा है कि बिहार शिक्षा शांति सुसंस्कृति साधना अहिंसा और समरसता की पावन भूमि है इधर अन्य राज्यों में कोविड उन्नीस के प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ा आयोजन नहीं करने का निर्णय किया है राज्य में आबादी के हिसाब से नये जिले अनुमंडल और प्रखंड बनाने के लिए समीक्षा का काम शुरू किया जायेगा इसके लिए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है इस कमिटी में श्री प्रसाद के साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव राजस्व मंत्री रामसूरत राय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल किये गये हैं केन्द्रीय चयन पर्षद की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान कल पुलिस ने कदाचार के आरोप में चौंसठ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है नालंदा से सबसे अधिक इकतीस जहानाबाद से बारह भोजपुर में छह कैमूर और शेख्रपरा से पांच पांच अरवल से तीन तथा औरंगाबाद और सहरसा से एक एक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है राज्य में शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को पचहत्तर से नब्बे प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा शहद प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी पैंतीस प्रतिशत अनुदान मिलेगा उद्यान विभाग के उपनिदेशक अजय कुमार ने बताया कि सामान्य वर्ग के किसानों को पचहत्तर और एससी एसटी वर्ग के किसानों को नब्बे प्रतिशत अनूदान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के बक्से की गड़बड़ी को रोकने के लिए उस पर क्यूआर कोड लगाने का प्रावधान किया गया है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे बिहार क्रिकेट लीग के तहत कल खेले गये दो मुकाबलों में भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स ने जीत दर्ज की है भागलपुर ने गया ग्लेडियर्ट्स को सात विकेट से पराजित कर दिया वहीं अंगिका एवेंजर्स ने दरभंगा डायमंड्स को अंठावन रनों से हरा कर लगातर दूसरी जीत दर्ज की इधर पटना जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में सुजा और कार्तिक ने चार चार खिताब अपने नाम किया वहीं तबरेज ने एकल स्पर्धा समेत तीन वर्गो में जीत दर्ज की केन्द्र सरकार ने पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है इसके साथ ही संदेश एप और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आधार प्रमाणीकरण को भी स्वैच्छिक बना दिया है रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अप्रैल से एक ही नम्बर एक तीन नौ को ही जारी रखने का निर्णय लिया है शेष सभी नम्बर स्थायी रूप से बंद कर दिये जायेंगे अरवल जिले में करपी प्रखंड के चौहर और बेलखारा पंचायत के पंचायत सचिव दिलीप पासवान को जिलाधिकारी ने घूस लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुये कोरोना संक्रमित दैनिक जागरण ने पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर लिखा है बंगाल में पैंतालीस और असम में पचास प्रत्याशियों को जदयू का सिम्बल प्रभात खबर ने बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा पर शीर्षक दिया है महिलाओं को नौकरियों में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है पानी बेशकीमती है बचाइए पानी का साठ हजार रूपये सालाना बिल चुकाते हैं अमेरिकी दैनिक आज ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के हवाले से लिखा है सभी जिलों में हो खेल प्रतियोगिता लुप्त होते ग्रामीण खेलों को मिले बढ़ावा

भारत नेपाल सीमा सड़क अगले साल तक बनकर हो जायेगी तैयार

और बिहार आज अपना एक सौ नौवां स्थापना दिवस मना रहा है